रक्षा अन्संधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने आज साइबर स्पेस साइबर स्रक्षा च्नौतियों और नवाचारों में इनोवेंशन विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया इस मौके पर सचिव रक्षा विभाग अन्संधान और विकास तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेडडी ने कहा कि जबतक साइबार स्पेस स्रक्षित नहीं है देश की सीमा स्रक्षित नहीं है उन्होंने देश को साईबर स्पेस क्षेत्रमें अग्रणी बनाने के लिए काम करने की आवश्यक्ता पर बल दिया नीति आयोग के सदस्य डा बी के सारस्वत ने भी साईबर रूपेस को मजबूत करने की आवश्यकता बताई सम्मेलन में अकादमिक उद्योग व अन्य सम्बध क्षेत्रों के लोग भाग ले रहे है

इस बीच रोडवेज़ यूनियनों ने हड़ताल को दो नवम्बर तक बढ़ा दिया है

यातायात प्रबंधक जितेन्द्र यादव के अन्सार रोडवेज़ प्रशासन अधिकतम बसों को चलाने के प्रयास कर रहा है

श्री पंवार आज सोनीपत में जिला परिवाद एंव कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों को बातचीत कर रहे थे

चालकों की आऊसोसिंग आधार पर ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती पर उन्होंने कहा कि इनके पास दस वर्ष प्राना लाइसेंस व तीन वर्ष का अन्भव होना आवश्यक है हादसों बारे प्रछे गये सवाल पर उन्होंने कहा कि इतने बड़े बेड़े में पहले ही घटनायें होती थी पर फिर भी प्रत्येक चालक को सम्बधित महाप्रबंधक द्वारा ट्रायल के बाद लिया गया है सोनीपत मे शनि मंदिर के पास एक बस को बार बार आगे पीछे कर नकसान पहंचाने की वीडियों पर मंत्री ने कहा कि वे इसक मामले की जांच करायेंगे और दोषी की खिलाफ कार्रवाई की जायेगी श्री पंवार ने कहा कि तीन दिन पहले तीन सौ नौ रेगुलर चालक और कल उनसठ रेग्लर चालक काम पर लौट आये है

जिला प्रधान बहाद्र सिह भोला व जिला सचिव राजेश मदान ने आज करनाल में जारी संय्कत लिखित प्रेस विजप्ति में कहा है कि सरकार निजीकरण के विरोध में रोडवेज़ कर्मचारियों की हड़ताल से असफल करना चाहती है लेकिन प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग करेंगे

उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों का किराया भत्ता न बढ़ाकर कर्मियों का आर्थिक शोषण करके आंदोलन के लिए मजबूर कर दी है तथा जनस्वास्थ्य विभाग में एक ही पद पर अलग अलग वेतनमान देकर कर्मियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है

उधर रोडवेज की हड़ाल के समर्थन में मंगलवार और ब्धवार से सभी विभागों के कर्मचारियों को हड़ताल के मद्देनजर हिसार जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है

आज चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी जिलों के आये धानक समाज के लोगों से बातचीत में म्ख्यमंत्री ने कहा कि आज आध्निक य्ग में मशीनरी का उपयोग करके और य्वाओं को प्रशिक्षित कर समाज के कपड़ा ब्नने जैसे काम को प्न श्रू करने के लिए चार पांच लोगों की एक कमेटी जनाये जो सभी संभावनाओं का अध्ययन पर प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेगी

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने बताया कि म्ख्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने सीवर कर्मियों के लिए एक बीमा योजना भी स्वीकृत की है और वित्त विभाग को उसे मंजूरी के लिए भेजा गया है इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि सीवर कर्मियों को अन्स्चित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत भी कवर किया जाएगा आज चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के ओडिटोरियम में प्रधन न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने चार नये अतिरिक्त न्यायाधीशों को पद ओर गोपनीयता का शपथ दिलाई अने अतिरिक्त न्यायधीशों में सुश्री मंजरी नेहरू श्री हर सिमरन सिहं सेठी श्री अरूण मोंगा और श्री मनोज बजाज शामिल है शपथ ग्रहण समारोह में अन्य के अलावा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश रजिस्ट्रार रजिस्ट्री अधिकारी वरिष्ठ वकील व बार एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे

उन्होने कहा कि पार्टी दवारा उन्हें जो नोटिस दिया गया था उसकी भाषा इनेलो के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नहीं है वह यम्नानगर के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे गोहाना रैली का जिक्र करते हुए चौटाला ने कहा कि उन पर लगाए गये सभी आरोप बे ब्नियाद है और उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया है ओम प्रकाश चौटाला जो भी फैसला लेंगे स्वीकार होगा उन्होंने रोडवेज़ हड़ताल पर कहा कि राज्य सरकार किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाई है